उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हये ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड के निर्गमन के सम्बन्ध में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी जारी रखी जाय मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकमवन में खाद्य एवं रसद विमाग के प्रस्तृतिकरण का अवलोकन कर रहे थे उन्होंने प्रदेश की भण्डारण क्षमता में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता बतायी मृख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में आघारभूत सुविघाओं के विकास के लिय निधि की व्यवस्था की गयी है इस निधि के माध्यम से विकास खण्डों में एफपीओ का गठन कर भण्डारण गृहों की स्थापना करायी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश मे दो करोड़ पचास लाख से अधिक कोविड नाइन्टीन की जांच किये जाने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने बताया कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में दस लाख आरटीपीसीआर टेस्ट किये जा चुके हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन को देखते हुये प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जाय और कोरोना टीकाकरण के सम्बन्ध में सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि इग्यारह जनवरी को प्रदेश मे कोरोना टीकाकरण के लिये फिर से आयोजित किये जा रहे ड्राई रन को पूरी प्रतिबद्वता से संचालित करते हुये सभी तैयारियों की गहन समीक्षा की जाय उन्होने कोविड नाइन्टीन से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किये जाने पर बल दिया कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास तैंतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सात सौ छत्तीस जिलों में आज किया जा रहा है इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है प्रस्तावित टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा पूर्वाम्यास में राज्य जिला प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जायेगी स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देशभर में पोलियो टीकाकरण अमियान सत्रह जनवरी से श्रू होगा उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज चेन्नई पहुंचे उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं संक्रमण के मामले काफी घट गये हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है पूरी दुनिया भारत की इस सफलता को देख रही है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड दो हजार इक्कीस की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है यह परीक्षा तीन जुलाई को ऑनलाइन होगी बदायूं जिले में उप्रैती गाँव की एक महिला के साथ द्ष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महत सत्यनारायण को स्थानीय पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है जिला पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपी से इस जघन्य अपराध के बारे में पुछताछ कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विशेष कार्यबल को इस मामले की जांच में मदद करने के लिए आदेश दिए थे उन्होंने बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चन्द्र ने बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया ब्लंदशहर जिले के सिकन्दराबाद क्षेत्र में शराब पीने से पांच लोगों की मौत होने की खबर है जबकि पांच अन्य की हालत गम्मीर बतायी जा रही है वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सिकन्दराबाद के प्रभारी निरीक्षक और एक दरोगा तथा दो सिपाही को निलम्बित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी फरार है उसके परिवार के तीन सदस्यो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है